लोकसभा इस विघेयक को पहले ही पारित कर चुकी है

केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने कल सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के उस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी जिसमें भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को अवसंरचना निवेश निधि गठित करने को अधिकृत किया गया है निधि का गठन भारतीय प्रतिमूति और विनिमय बोर्ड सेबी के दिशा निर्देशों के अनुसार किया जायेगा इससे भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण टोल टैक्स वसूली के कम से कम एक साल के अच्छे रिकार्ड वाले राष्ट्रीय राजमार्गो के मौद्रीकरण में मदद मिलेगी

राज्य मंत्रिमंडल ने बारां जिले में अति पिछडा वर्ग को पांच प्रतिशत और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को दस प्रतिशत आरक्षण तथा शहीदों के नाम पर दो महाविद्यालयों का नामकरण करने सहित कई महत्वपूर्ण निर्णय लिये है कल जयप्र में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में आयोजित मंत्रिमंडल की बैठक में प्रदेश के सुखा और बाढ प्रभावित क्षेत्रो में राहत के लिए केन्द्र सरकार को भेजे ज्ञापन और राज्य सरकार के एक साल पूरा होने पर आयोजित किये जाने वाले कार्यक्रमों पर भी चर्चा की गई मंत्रिमंडल ने कोटा जिले में सांगोद के राजकीय महाविद्यालय का नामकरण पुलवामा आतंकी हमले में शहीद हेमराज मीणा के नाम पर करने और झालावाड जिले में खानपुर के राजकीय महाविद्यालय का नामकरण शहीद मुकूट बिहारी मीणा के नाम पर तथा झुंझुनू जिले में नवलगढ के राजकीय महाविद्यालय का नामकरण आर आर मोरारका के नाम पर करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी मंत्री परिषद ने प्रदेश के सूखा घोषित और बाढ प्रभावित जिलों की स्थिति पर भी चर्चा की बैठक में राज्य सरकार की पहली वर्षगांठ को सादगी से मनाये जाने और इस दौरान तीन दिन तक राज्यस्तरीय विभिन्न कार्यक्रमों को आयोजित किये जाने पर भी विचार विमर्श किया गया

भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बसे गांवों में अब सूरज की रोशनी से बिजली मिलेंगी यहां अल्ट्रामेगा अक्षय ऊर्जा पावर प्रोजेक्ट के तहत पांच गीगावॉट का सोलर पावर प्रोजेक्ट स्थापित किया जायेगा इस प्रोजेक्ट के तहत राज्य के बाडमेर बीकानेर जैसलमेर और जोधप्र जिले का चयन किया गया है इसकी कार्य योजना तैयार करने के लिए एसईसीआई को नोडल एजेंसी बनाया गया है इस संबंध में राज्य सरकार ने संबंधित जिला कलेक्टरों को भूमि उपलब्य करवाने के निर्देश दिए है

चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री डॉ रघू शर्मा ने बताया कि ऐसा मरीजों की सुविधा के लिए किया गया है उन्होंने बताया कि योजना से जुड़े सभी सरकारी और निजी अस्पतालों में सभी व्यवस्थाएं पहले की तरह यथावत रहेगी

राज्य में धीरे धीरे सर्दी का असर बढ रहा है पश्चिमी विक्षोम के कारण बीकानेर जिले के महाजन कस्बे छत्तरगढ और आसपास के क्षेत्र में तथा बाडमेर जिले में कई स्थानों पर कल हल्की बारिश हुई नागौर सवाईमाघोपुर करौली और बूंदी जिले में कई स्थानों पर आज हल्की ब्रंदाबांदी होने से तापमान में गिरावट दर्ज की गई मौसम विभाग के अनुसार अगले एक दो दिन राज्य के पूर्वी और पश्चिमी जिलों में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश के साथ ओले गिरने की संभावना है